मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में आज शिमला में हई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया बैठक में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के नौंवी और दसवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें देने को भी मंजूरी दी इस दौरान तीन कंपनियां मिलाकर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन करने पर भी मुहर लगाई गई

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने अलग अलग विभागों में विभिन्न श्रेणियों के पद भरने को भी मंजूरी दी अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त व कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र से मिलने वाली धनराशि का जनकल्याण में भरपूर उपयोग करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं जिला विकास समन्वय तथा निगरानी समिति की आज बिलासपुर में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को योजनाएं सही ढंग से लागू कर लोगों तक पहुंचाने को कहा

उन्होंने जिले में विकास की संभावनाएं तलाशने के लिए एक कमेटी गठित करने के अलावा अपने अपने विभागों से संबंधित योजनाओं की जानकारी ग्राम सभाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए केंद्रीय मंत्री ने सभी विभागों को तालमेल के साथ विकास कार्यों को करने की सलाह दी ताकि विभिन्न योजनाएं सही ढंग से लागू हो सके परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है पालमपुर उपमंडल के डाढ़ में भारतीय राज्य पैंशनर महासंघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में आज बतौर मुख्यातिथि उन्होंने यह बात कही विपिन परमार ने कहा कि मौजूदा सरकार ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल में कर्मचारियों व सेवानिवृत कर्मचारियों को करीब पांच करोड़ रुपए के विभिन्न वित्तीय लाभ दिए हैं

सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने भारतीय संस्कृति के संरक्षण व संवर्द्वन के लिए युवाओं से एकजुट होकर कार्य करने का आहवान किया है वे आज सोलन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में बोल रहे थे सैजल ने परिषद से सरकार की नशा निवारण मुहिम को सफल बनाने के लिए कार्य करने का आग्रह किया ताकि हिमाचल को नशा मुक्त बनाया जा सके उन्होंने जिला स्तरीय स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की राम स्वरूप सांसद राम स्वरूप शर्मा ने आज मंडी में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने समाज के हर वर्ग तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश दिए रामस्वरूप शर्मा ने अधिकारियों को लंबित कार्य गंभीरता से निपटाने को कहा उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को संबंधित योजनाओं के लाभार्थियों की सूची समिति को सौंपने के निर्देश भी दिए

राज्य विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी

प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजने को कहा है

यह आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा